इन नवरात्रो के दौरान राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु उमड़ते हैं इसे देखते हुए कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर उना व सिरमौर समेत अन्य जिलों में प्रशासन ने श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए हैं सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है इधर राजधानी शिमला के कालीबाड़ी और तारादेवी मंदिरों में भी नवरात्रों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं शिमला ज़िला उपायुक्त अमित कश्यप को अनुसार श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए शिमला से तारा देवी के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माइ गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

रिकार्ड किए हुए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं

महिला परिषद महिला कल्याण परिषद किन्नौर की अध्यक्षा रत्न मंजरी ने जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में महिलाओं को पैतृक सम्पति में अधिकार पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है

रत्न मंजरी ने कहा कि ये कानून होते हुए भी अधिकतर महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है उन्होंने कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई रोक को हटाने में राज्य सरकार पहल करे सोसायटी हाईटैक एजुकेशन एण्ड वेल्फेयर सोसायटी पांगी के अध्यक्ष हेम शर्मा और सचिव परस राम ने कहा है कि पांगी घाटी और लाहौल स्पिति जिले के लोग मोबाईल टावरों का नेटवर्क न होने से परेशान हैं उन्होंने कहा कि लोगों को कई कई किलोमीटर दूर जाकर सिग्नल मिलता है उन्होंने कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा से तिंदी सलगरा म्याड़ नाला मडग्रां और पांगी घाटी के सेचू पूर्थी रेई शौर व करियूणी समेत कुछ अन्य इलाकों में मोबाईल टावर लगाने की मांग की है

इसमें प्रदेश भर से चार हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया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

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फिजूलखर्ची पर सीएम के तंज पर विपक्ष का वाकआउट आपका फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के हवाले से लिखता है हिमाचल कांग्रेस में बदलाव करने की ज़रूरत

पंजाब केसरी के शब्द हैं जूनियर व सीनियर डॉक्टर लड़ते लड़ते पहुंच गए ऑप्रेशन थिएटर गैलरी में अमर उजाला लिखता है आईजीएमसी में प्रशिक्षु डॉक्टर की रैगिंग केस नाबालिग से दुष्कर्म पर बनेगा सख्त कानून शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में कानून बनाने के लिए कवायद शुरू पंजाब केसरी के शब्द हैं बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त होगा कानून

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है विधानसभा सदस्यों को मिलेंगे लैपटाप और स्मार्ट फोन

दैनिक जागरण की एक खबर है यौन शोषण मामले में फिल्म अभिनेता जीतेंद्र के वकील ने हाईकोर्ट में एफआईआर को दी चुनौती एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय भेदभाव क्यों में लिखता है कि बच्चों के मन में जाति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा न होने दें प्रदेश में सदियों से चली आ रही बेकार की परंपराओं को दरकिनार करने में ही समाज की भलाई है